सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्वदेश निर्मित कोरोना का टीका कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के प्रति भी प्रमावी है भारत के क्छ क्षेत्रों और कई अन्य देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सार्स कोव ट् के प्रति इसे प्रभावी पाया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया

बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से टीकाकरण कार्यक्रम को आगे ले जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले से बेहतर कोविड प्रबंधन में और कोरोना संक्रमण को हराने में मदद मिलेगी आज सिविल सेवा दिवस है जनसेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए सिविल सेवाएं हर वर्ष यह दिवस मनाती है यह दिन बदलते समय की चुनौतियों से निपटने और भविष्य की रणनीति तय करने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों को बधाई दी है

प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सिविल सेवा अधिकारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हए नागरिकों की सेवा तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोकसेवा दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और निरन्तर कठिन परिश्रम करने वाले लोकसेवकों को बधाई दी है उन्होंने कहा है कि महामारी के दौरान लोकसेवकों ने पूर्ण समर्पण से प्रशसनीय कार्य किया रामनवमी आज देशभर में धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है यह पर्व भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है अयोध्या में आज चौत्र रामनवमी मेले का उल्लास छाया रहा सभी मंदिरों में राम जन्मोत्सव भम धाम से मनाया गया मध्यान्ह मंगलघ्वनियों के बीच रामलला का प्राकट्य होते ही सम्पूर्ण अयोध्या हर्सोल्लास में डूब गई और इस अवसर पर आरोग्य प्रार्थना भी की गई वैश्विक महामारी कोरोना के प्रोटोकाल के चलते अयोध्या में श्रद्वाल्ञों को न आने का आग्रह संतों ने किया था और मंदिरों के पट आम श्रद्वालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे जिसके कारण अयोध्या सुनी सुनी रही और प्रशासन कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करा रहा था एक रिपोर्ट नौमी तिथि मधुयास पुनीता सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता मध्य दिक्स अति सीत न घामा पावन काल लोक बिश्रामार गोस्वामी तुलसीदास का भगवान श्रीराम के प्राकट्य का यह अनुभव आज अयोध्या के चौराहों से लेकर गलियों तक महसूस किया जाता रहा दोषहर ठीक बारह बजे श्री राम जन्म भूमि सहित मंदिरों के पट भव्य आस्ती के साथ खुले और भये प्रगट कृपाता दीनदयाता कौसल्या हितकारी की ध्वनि सनी मंदिरों में गूंजने तर्गे ध्य यह आस्था का चरम उल्लास था जन्म के समय मंदिर में जन्म साध्वसंत और पुजारी के कठ से समयेत ब्याई गान की स्तृति छूट पढ़ती हैसमी ने गते मिलकर ब्याइयां दीं और प्रसाद ग्रहण किया

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बघाई दी है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि इस पर्व से न्याय और मानवीय गरिमा के लिए सतत प्रयास करते रहने के हमारे संकल्प को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शो से संकल मिलता है उप राष्ट्रपति श्री नायडू ने अपने संदेश में कहा कि राम नवमी का पर्व हमें मर्यादा प्रूषोत्तम भगवान राम के आदर्श जीवन का स्मरण कराता है तथा उनके द्वारा दिखाए गए अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है श्री मोदी ने कहा कि आज रामनवमी है और मर्यादा प्रूषोत्तम श्रीराम का सबके लिए यही संदेश है कि हम सभी मर्यादाओं का पालन करें प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद रखना होगा प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी है